राज्य में बाढ़ और सुखाड़ से फसलों को हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को लगभग सात सौ बहत्तर करोड़ रूपये दिये जायेंगे कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि किसी भी किसान को सामान्य फसल पर एक हजार रूपये जबकि नकदी फसल पर क्षतिपूर्ति के रूप में न्यूनतम दो हजार रूपये दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए क्षतिपूर्ति अनूदान दिया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि अनुदान की राशि किसानों को उनके आधार से जुड़े बैंक खातों में ही भेजी जायेगी राज्य सरकार ने अठारह जिलों के एक सौ दो प्रखंडों को सूखा प्रभावित घोषित किया है प्रदेश में पैक्स चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी होगी इसके साथ ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज कर दिया जायेगा राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अनुसार पैक्स चूनाव के पहले चरण में एक सौ उनतीस प्रखंड के सोलह सौ दस पैक्सों के चुनाव होंगे इस चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख अठाईस नवम्बर है जबकि नामांकन पत्रों की जांच उनतीस और तीस नवम्बर को की जायेगी वहीं दो दिसम्बर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे मतदान नौ दिसम्बर को होगा राज्य के पन्द्रह बीज गोदामों में बारह करोड़ रूपये की लागत से नमी नियंत्रित करने वाले यंत्र लगाये जायेंगे इसके लिए कैमूर जिले के कुदरा में नौ तथा हाजीपुर बेगूसराय और भागलपूर के दो दो गोदामों का चयन किया गया है बीज निगम के एक अधिकारी ने बताया कि इन गोदामों में बीज रखने की क्षमता बीस हजार से लेकर सत्तर हजार क्विंटल तक होगी राज्य में जमीन की खरीद बिक्री अब वंशावली के आधार पर भी की जा सकेगी प्रदेश सरकार ने इसके पूर्व जमीन के दाखिल खारिज के आधार पर ही जमीनों की बिक्री का आदेश जारी किया था जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया इसके बाद संशोधन करते हुये राज्य सरकार नया नियम लाने की तैयारी कर रही है प्याज की कीमत पर नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार एक लाख टन प्याज का आयात करेगी खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि खरीद के लिए जारी पहला टेंडर चौदह नवम्बर और दूसरा अठारह नवम्बर को बंद होगा जिससे प्याज की पहली खेप जल्द ही भारत आ जायेगी इससे कीमतों में कमी होगी अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद राज्य भर में प्रशासन अलर्ट पर है पुलिस मुख्यालय के अनुसार इसके लिए एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है जिसके जरिये सभी जिलों से सम्पर्क रखा जा रहा है किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जिलों में एक क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया गया है समस्तीपुर रेल मंडल के दस स्टेशनों पर डिजिटल म्यूजियम बनाया जायेगा जिसमें रेलवे की वर्तमान की जानकारी के साथ ही इसकी विरासत को दिखाया जायेगा मंडल के एडीआरएम एसआर मीणा ने बताया कि म्यूजियम को बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबूल कलाम आजाद के जन्मदिन पर पटना के ज्ञान भवन में शिक्षा दिवस का आयोजन किया गया है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे इस मौके पर गणित के प्रध्यापक डॉक्टर केसी सिन्हा और कौशल विकास के क्षेत्र में काम करने वाले प्रेम वर्मा को मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा पटना उच्च न्यायालय के नव नियूक्त मुख्य न्यायाधीश संजय करोल आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे राज्यपाल फागू चौहान उन्हें राजभवन में शपथ दिलायेंगे न्यायमूर्ति करोल इससे पूर्व त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे बिहार म्यूजियम में टिकटों की बिक्री के घोटाला मामले में कला संस्कृति विभाग ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में सोलह कर्मियों को हटाने का आदेश दिया है अपर सचिव सह प्रभारी निदेशक दीपक आनंद ने बताया कि जांच चल रही है जिन कर्मियों के विरूद्ध अनियमितता के मामले सामने आये हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी एन शेषन का कल रात चेन्नई में निधन हो गया वे छियासी वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे उन्नीस सौ पचपन बैच के तमिलनाडु कैडर के आई ए एस अधिकारी टी एन शेषन उन्नीस सौ नब्बे से उन्नीस सौ छियानवे तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टी एन शेषन के निधन पर शोक व्यक्त किया है अपने ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि टी एन शेषन विलक्षण सरकारी अधिकारी थे जिन्होंने बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ देश की सेवा की गुरूनानक देव जी के पांच सौ पचासवें प्रकाशोत्सव समारोह के अन्तर्गत आज पटना सिटी स्थित गुरू का बाग गुरूद्वारा से नगर कीर्तन और शोभा यात्रा निकाली जायेगी यह नगर कीर्तन आस पास के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुये तख्त श्रीहरिमंदिर साहिब में सम्पन्न होगा शाम के समय गुरूनानक देव जी की शिक्षा और उपदेशों पर कथावाचन और कीर्तन का आयोजन किया गया है कल गुरू पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य समारोह गुरू घर के विशेष दिवान में आयोजित होगा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पटना साहिब पहुंच रहे हैं दरभंगा जिले में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैराथन दौड़ के शुरु होने से पहले ही प्रतिभागियो ने आयोजन समिति पर कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्विद्यालय के खेल मैदान से बिहार अंतरराष्ट्रीय मैराथन दौड़ के बैनर तले दौड़ का आयोजन किया गया था घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने प्रतिभागियो को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया प्रतिभागियों का आरोप था कि दौड़ में भाग लेने के लिए पन्द्रह सौ से पच्चीस सौ रुपये लिये गये थे लेकिन व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं किया गया पटना में सम्पन्न राज्यस्तरीय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता का खिताब पूर्णिया की टीम ने जीत लिया है फाइनल में पूर्णिया ने मेजबान पटना को शून्य के मुकाबले दो गोल से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया ओडिशा के कटक में चल रहे अंडर ट्वेंटी थ्री मेंस वन डे क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार ने अरूणाचल प्रदेश को इक्यानवे रन से हरा कर लगातार पांचवीं जीत दर्ज की है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के बाद भी राज्य में अभी दिन में ठंड का असर नहीं है मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी के दो सप्ताह बाद ही प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि प्रदूषण और बंगाल की खाड़ी में बुलबुल तूफान के कारण हवा का निम्न दबाव का क्षेत्र बना है जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाये हुये हैं सारण जिले के रिविलगंज में लगने वाले पौराणिक गोदना सेमरिया मेले का उद्घाटन आज होगा पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में गया जिले के पहाड़पुर गांव से दो नक्सलियों भिखारी पासवान और राम कुमार सिंह कहार को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस ने रोहुआ गांव में अवैध रूप से चल रहे नकली सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री का उद्भेदन किया है सीवान जिले के राजपुर गांव के राम जानकी मंदिर से चोरों ने अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी कर ली इस मूर्तियों की कीमत लगभग तीन लाख रूपये बतायी जा रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उर्स में चादरपोशी की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान की सुर्खी है राम मंदिर ट्रस्ट का गठन इसी महीने दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है मिलजुल कर तरक्की में करे योगदान दैनिक भास्कर ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की खबर पर शीर्षक दिया उद्वव ठाकरे बन सकते हैं मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम राकांपा का स्पीकर कांग्रेस का संभव प्रभात खबर ने राज्य में जमीन की खरीद बिक्री के मामले में राज्य सरकार के नये नियम पर हाई कोर्ट की रोक के बाद संशोधन की तैयारी को बड़ी खबर बनाया है अखबार आज ने शिक्षा की खबर पर लिखा है सम्बद्ध कॉलेजों को मिलेगी अनुदान राशि